मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले के पाटसेन्द्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित नई कॉलोनी का किया लोकार्पण विख्यात भरथरी गायिका सुरुज बाई खांडे का बिलासपुर में निधन राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में कल बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा लोक सुराज अभियान मुख्यमंत्री प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान का तीसरा चरण कल ग्यारह मार्च से शुरू हो रहा है यह अभियान इकतीस मार्च तक चलेगा इस दौरान प्रदेशभर में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल इस अभियान की शुरूआत आदिवासी बहल बस्तर संभाग से करेंगे डॉक्टर सिंह सुबह हेलीकाप्टर द्वारा अचानक बस्तर के किसी भी गांव में उतरेंगे और वहां ग्रामीणों से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री किन्हीं दो समाधान शिविरों में भी जाएंगे और वहां जनता के आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी लेंगे डॉक्टर सिंह कल शाम को जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में समीक्षा बैठक लेंगे गौरतलब है कि लोक सुराज अभियान का पहला चरण बारह से चौदह जनवरी तक और दूसरा चरण पंद्रह जनवरी से आज दस मार्च तक आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री महासमुंद कवर्धा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज महासमुद जिले के सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम पाटसेन्द्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित नई कॉलोनी का लोकार्पण किया करीब तीन एकड़ के क्षेत्र में गरीब वर्ग के चौरासी परिवारों को पक्का आवासीय भवन उपलब्ध कराया गया है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी को आवास दिलाने की अभिनव पहल की है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में ग्यारह लाख परिवारों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं डॉक्टर सिंह ने यहां आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह आयोजन में भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग बत्तीस लाख रुपए की सामग्री और अनुदान सहित निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के प्रमाण पत्र भी वितरित किए वहीं मुख्यमंत्री आज कबीरधाम जिले के पांडातराई में आयोजित संतगुरू कबीर संत समागम समारोह में भी शामिल हुए समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से सतगुरू कबीर और प्रकाश मुनि नाम साहेब के बताए मार्गों पर चलने का आव्हान किया सुरूज बाई खांडे निधन प्रदेश की विख्यात भरथरी गायिका और अहिल्या बाई सम्मान से सम्मानित गायिका सुरुज बाई खांडे का आज बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे उनहत्तर वर्ष की थी छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन की पुरानी परंपरा को सुरुजबाई खांडे ने रोचक लोक शैली में प्रस्तुत कर विशेष पहचान बनाई थी उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था उल्लेखनीय है कि भरथरी गायन आंचलिक परम्परा में आध्यात्मिक लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित राजा भर्तहरि के जीवन वृत्त नीति और उपदेशों की लोक शैली में प्रस्तुति है राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भरथरी गायिका सुरुज बाई खांडे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्रीमती खांडे के निधन से छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के एक स्वर्णिम युग का अवसान हो गया है पीईटी पीएटी प्रवेश परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पीईटी पीएटी सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस वर्ष होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तिथि घोषित कर दी है इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की भी संभावित तारीख घोषित की गई है पीईटी पीपीएचटी के आवेदन पंद्रह मार्च से किए जा सकेंगे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ये सभी प्रवेश परीक्षाएं आगामी उनतीस अप्रैल से शुरू होकर सत्रह जून तक चलेंगी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी और प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएचटी की परीक्षा उनतीस अप्रैल को होगी इसी तरह पीपीटी दस मई तथा बीएससी नर्सिंग और प्री एमसीए परीक्षा सत्रह मई को आयोजित की जाएंगी वहीं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी की परीक्षा सत्ताईस मई प्री बीएड और प्री डीएलएड तीन जून को होगी इसके अलावा एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा सत्रह जून को आयोजित की जाएगी रमन के गोठ मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता रमन के गोठ का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल सुबह पौने ग्यारह बजे से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे इसी दिन रात आठ बजे से आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से हल्बी में और अंबिकापुर केंद्र से सरगुजिहा बोली में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है इस अभियान के तहत प्रदेशभर में पांच वर्ष तक के लगभग छत्तीस लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी इसके लिए सभी जिलों में सार्वजनिक भवनों रेलवे स्टेशनों बस स्टैण्ड सहित विभिन्न स्थानों पर चौदह हजार से अधिक टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं इन केन्द्रों में करीब उनतीस हजार टीकाकरण दलों का गठन किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रदेशवासियों से पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायप्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में महासमुद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

भिलाई में आयोजित इस अधिवेशन में शिक्षा संस्थानों के उत्थान उच्च शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व जैसे विषयों पर चर्चा की गई इसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव सांसद गौरव गोगई और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया सीआईएसएफ स्थापना दिवस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के उनचासवें स्थापना दिवस पर आज भिलाई में कार्यक्रम आयोजित किए गए इस अवसर पर सीआईएसएफ परेड मैदान में भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ एम रवि कुमार ने परेड की सलामी ली कार्यक्रम में सीआईएसएफ भिलाई की डीआईजी शिखा गुप्ता भी मौजूद थीं जवान घायल बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एसटीएफ का एक जवान घायल हो गया जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि तिप्पापुरम और पामेड़ के बीच सड़क निर्माण की सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया था इसी दौरान माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिससे एक जवान घायल हो गया

इसी तरह अट्ठारह और पच्चीस मार्च के अलावा एक आठ पंद्रह बाईस और उनतीस अप्रैल को भी इस मार्ग पर मेगा ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा संक्षिप्त समाचार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल ग्यारह मार्च को दूर्ग जिले के ग्राम सेमरिया में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया है इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन भी शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल ग्यारह मार्च को रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं वे यहां साईस कॉलेज मैदान में एक सभा को संबोधित करेंगे राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पूरक परीक्षा दो हजार सत्रह में सामूहिक नकल प्रकरण के मामले में बलरामपुर के जिला शिक्षा अधिकारी आईपी गुप्ता को निलंबित कर दिया है